प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट लेकर उद्योग न लगाने वालों की अलॉटमेंट करेगी रद्द स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह इस बार कांगडा जिले के इंदौरा में होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे अध्यक्षता प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों का नियमित रूप से किया जाएगा निरीक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने देशभर में आज से सबसे बड़ा अखिल भारतीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू किया जो इस महीने के आखिर तक चलेगा इसमें स्वच्छता के स्तर के आधार पर देश के विभिन्न जिलों का दर्जा तय किया जायेगा स्वच्छता सर्वेक्षण से साफ सफाई की सुविधाओं में सुधार के लिए आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इससे अगले वर्ष दो अक्तूबर तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में भाग लेने की अपील की है सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर चकवन लपियाणा सड़क के सुधारीकरण कार्य का शुभारम्म किया

सरवीण चौधरी ने कहा कि इस कार्य को डेढ़ वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण के साथ साथ पानी की निकासी का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए इस दौरान सरवीण चौधरी ने जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने लाहौल स्पिति जिले के काजा में आज परियोजना सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने अधिकारियों को सिंचाई व जनस्वास्थ्य कार्यालय को काजा में सीवरेज प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए

रामलाल मारकण्डा ने इसके बाद आईटीआई रौंग टौंग का निरीक्षण भी किया उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकूर ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट लेकर औद्योगिक गतिविधियां शुरू न करने पर संबंधित प्लॉट की अलॉटमेंट रद्द कर दी जाएगी

उद्योग मंत्री ने कहा कि कंदरोड़ी में विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं इससे पहले बिक्रम ठाकुर ने धर्मशाला के दाड़ी स्थित आईटीआई का औचक निरीक्षण भी किया सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है सोलन जिले के परवाणू में प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों की कार्यशाला में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान ही सबसे अधिक वित्तीय लाभ दिए हैं राजीव सहजल ने कहा कि परवाणू में शीघ ही नया बस अड्डा स्थापित किया जाएगा और क्षेत्र में मुद्रिका बस सेवा व निगम की इलैक्ट्रिक वैन भी चलाई जाएगी इस बीच उन्होंने ग्राम पंचायत टकसाल जाबली चम्मो क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को इन्हें निपटाने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने अपने गुजरात दौरे पर आनंद में पशु पालन विभाग व डेयरी डवेल्पमेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने पशु पालन के माध्यम से किसानों के उत्थान के लिए गुजरात में चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्टस को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की इस बीच उन्होंने कल शाम दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को सार्वजनिक रूप से अपना आधार नम्बर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर न देने के बारे में आगाह किया है आधार विशिष्ट पहचान संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न सेवाओं लाभों और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के तौर पर किया जाता है प्राधिकरण ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से आधार संख्या प्रस्तुत या प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह भी बैंक खाता और पैन संख्या की तरह संवदेनशील निजी जानकारी है दृष्टिबाधित प्रदेश विश्वविद्यालय के पांच प्रतिभाशाली दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने यूजीसी नेट पास करके प्रदेश में नया इतिहास रचा है नेट उर्तीण करने वाले विद्यार्थियों में राज्य चुनाव विभाग की यूथ आईकोन मुस्कान के अलावा अनुज कुमार विनोद शर्मा जसबीर सिंह लुबाना व अजय कुमार शामिल हैं प्रदेश में दृष्टिबाधित व अन्य विकलांग विद्यार्थियों के लिए कार्य कर रही उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने इन विद्यार्थियों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि पांच सफल विद्यार्थियों में से तीन को फाउंडेशन ने लैपटॉप दिए हैं और दो को पूर्ण छात्रवृति प्रदान की गई है ताकि वे उच्च शिक्षा हासिल कर सकें अजय श्रीवास्तव ने कहा कि दृष्टिबाधित व अन्य विकलांग विद्यार्थियों के सशक्तिकरण के लिए फाउंडेशन अपनी सहायता जारी रखेगा स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह इस बार कांगडा जिले के इंदौरा में होगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे

इसी तरह शिमला में होने वाले जिलास्तरीय कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल कुल्लू में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ऊना में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ध्वजारोहण करेंगें सिरमौर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज किन्नौर में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा हमीरपुर में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी लाहौल स्पीति में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा चंबा में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कवंर मंडी में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर सोलन में परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर जबकि बिलासपुर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल झंडा फहरायेंगे पात्रता परीक्षा केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है

उम्मीदवारों को केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वेबसाइट सीटीईटी डॉट एन आई सी डॉट आई एन के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा

किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने स्पष्ट किया है कि विभाग की कारगुजारी कागजी आंकड़ों के बजाए धरातल पर नजर आनी चाहिए बिलासपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य करें ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सके उन्होंने अधिकारियों को उचित मूल्यों की दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के आदेश दिए किशन कपूर ने प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को पहुंचाने के निर्देश भी दिए आंदोलन आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रोग्राम कैडर समयबद्ध पदोन्नति न मिलने और प्रसार भारती द्वारा बाहरी विभागों के अधिकारियों को सुनियोजित तरीके से शीर्ष पदों पर प्रतिनियुक्ति दिए जाने के विरोध में आंदोलनरत्त हैं इसी क्रम में देश के अन्य केन्द्रों की तरह आकाशवाणी शिमला में भी आज बाद दोपहर से गेट मीटिंग शुरू हो गई है केन्द्र के कार्यक्रम निष्पादक हीरचंद नेगी और यूनिट सचिव अनिल वर्मा ने बताया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों की रिक्तियों के कारण पंगु हो गया है उन्होंने कहा कि दोनों विभागों में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम सर्विस के करीब एक हजार पद रिक्त पड़े हैं अनिल वर्मा ने इस संबंध में जल्द उचित कदम उठाए जाने की मांग की है धर्मशाला खेल परिसर कांगडा के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि धर्मशाला खेल परिसर में उपलब्ध सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा धर्मशाला में आज प्रबंधन कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर की तर्ज पर धर्मशाला में भी विभिन्न मान्यता प्राप्त गैर सरकारी खेल संघों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं करवाने की अनुमति दी जाएगी उन्होंने खेल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने शौचालय बनाने व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए है जनजातीय उत्सव लाहौल स्पीति ज़िले के केलंग में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव में इस बार ज़िले के विभिन्न महिला मंडलों की एक हजार महिलाएं पारम्परिक वेशभूषा में सामूहिक लोकनृत्य करेंगी

नागरिक समा शिमला नागरिक सभा ने नगर निगम शिमला द्वारा पानी की दरों में की जा रही वृद्धि की कड़ी आलोचना की है सभा के अध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा ने कहा है कि यदि बढ़ी हुई दरें तुरंत वापिस नहीं ली गई तो निगम के विरूद्व आंदोलन किया जाएगा

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने देशभर में आज से अखिल भारतीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण किया शुरू प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट लेकर उद्योग न लगाने वालों की अलॉटमेंट करेगी रद्द स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह इस बार कांगडा जिले के इंदौरा में होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे अध्यक्षता प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों का नियमित रूप से किया जाएगा निरीक्षण